मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपूर में हई बैठक में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पूलिस अधीक्षकों को समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थाई हल निकालने के लिए कहा है प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय बेरोजगारों को आयु सीमा में मिली छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ाया गया

वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या कि उस क्लास की परीक्षा है अगर एक बार मन में तय करें कि भई ये एग्जाम दसवीं कक्षा की है यह एग्जाम बाहरवीं कक्षा की है ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है अगर इतना सा हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोझ है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि कही ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है

वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अध्री चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा का तनाव न पालें असम से एक विद्यार्थी की मां द्वारा बच्चों में मोबाइल फोन पर लगे रहने की आदत के बारे में पूछे जाने पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप के लिए किया जाना चाहिए बच्चों में निराशा का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहत चिंताजनक है उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोग तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलूओं पर खुलकर बातचीत करते हैं उन्होंने कहा कि तनाव से बचने के लिए परामर्श लेना बुरी बात नहीं है बल्कि इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा कुवैत सऊदी अरब जैसे देशों के विद्यार्थी भी शामिल हुए मुख्यमंत्री कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक ली इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थाई हल निकालने पर जोर दें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना ना पड़े तहसील स्तर की समस्या का निराकरण तहसीलदार स्तर पर थाना स्तर की समस्या थाना स्तर पर और जिला स्तर की समस्या का निराकरण जिला स्तर पर होना चाहिए नामांतरण बंटवारा सीमांकन बिजली कनेक्शन जैसी स्थानीय समस्याओं के हल के लिए नागरिकों को राजधानी तक भटकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीणों की शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करने पर जोर दिया मंत्रिमंडल निर्णय प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय बेरोजगारों को आयु सीमा में मिली छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है वहीं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आय सीमा में दी जाने वाली छट यथावत रखी गई है इस तरह सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष निर्धारित की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया वहीं सरकार ने विशुद्व रूप से राजनीतिक आदोलनों से संबंधित प्रकरणों को वापस लेने का फैसला लिया है इसके लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन किया जाएगा इसके अलावा सरकार ने आबकारी ड्यूटी दरें बढ़ाने तथा पचास शराब दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति और बजट अनुमान वर्ष तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पर भी चर्चा की गई मीसा बंदी सम्मान निधि राज्य सरकार मीसा बंदियों को बजट प्रावधान के अनुसार उन्हें दी जाने वाली सम्मान निधि का समुचित नियमन करने के साथ ही भूगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने जा रही है साथ ही सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्यापन कराने का भी निर्णय लिया है इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जिला कोषालय अधिकारियों से कहा हैं कि वे बैंको को निर्देश दे कि फरवरी महीने में मीसा बंदियों के सम्मान निधि का भुगतान नहीं किया जाए कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में विभागीय सचिव रीता शांडिल्य ने लिखा है कि इसके लिए अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे इसलिए आगामी फरवरी से लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि का वितरण उपयुक्त कार्यवाही होने के बाद ही किया जाए गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार ने आपातकाल में जेल गए मीसा बंदियों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देना शुरू किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में यह राशि बढ़कर पन्द्रह हजार रुपए कर दी गई थी ताम्रध्वज साहू समीक्षा बैठक लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साह ने सभी शासकीय स्कूलों आवासीय भवनों के मरम्मत कार्य को विशेष अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिए हैं आज रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने लापरवाही बरतने और ग्णवत्ता का ध्यान नहीं रखने वाले अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के शहीद स्मारक भवन में जल्दी ही लाइट एंड शो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जार्ज फर्नांडिस निधन समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वैंकेयानायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जार्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री फर्नांडिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है क्ष्ठ जागरूकता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कल तीस जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाएगी इस अवसर पर शासकीय कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि दी जाएगी

कृष्ठ मुक्त भारत अभियान के तहत जिले की सभी ग्रॉम पंचायतों नगरीय निकायों और शालाओं में इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी तेरह फरवरी तक किया जाएगा इसके माध्यम से कुष्ठ बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा लईका मड़ई राजधानी रायपुर में आज से तीन दिवसीय लईका मड़ई शुरू हुई सरदार बलबीर सिंह जूनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित लईका मड़ई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद का भी आयोजन किया जा रहा है

इस कार्यक्रम में रायपुर जिले के चार विकासखंडों के लगभग सोलह सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं फुटबॉल ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी फूटबॉल की मेजबानी करने का मौका इस बार भिलाई को मिला है यह पहला मौका है जब इस ट्रॉफी के ईस्ट जोन के मैच छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं मैच के मुकाबले दो फरवरी से पंत स्टेडियम में शुरू होंगे छत्तीसगढ़ फ्टबॉल संघ के महासचिव मोहन लाल ने बताया कि स्पर्धा के सभी मैच पांच जोन में होंगे इसमें से ईस्ट जोन के मैच भिलाई में खेले जाएंगे जिसमें छह टीमें हिस्सा लेंगी इसमें बत्तीस बार संतोष ट्रॉफी की विजेता रही बंगाल की टीम भी शामिल हैं सारे मैच लीग पद्दति से खेले जाएंगे संक्षिप्त समाचार रायगढ़ में प्रदेश का छठा पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो गया है केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इसका उद्घाटन किया

ये सभी लोग एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए थे राजनांदगांव में ग्रामीण विकास परियोजना में करीब चालीस लाख रूपए का फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस मामले में सात अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है रायपुर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तैयारियों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज एक कार्यशाला आयोजित की गई इसके तहत कल कैरियर सह प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन भी किया जाएगा